उन्होंने समाचार माध्यमों से जनता के समक्ष विवेकपूर्ण और तार्किक ढंग से समाचार प्रस्तुत करने की अपील की कल रात चेन्नई में तमिल की राजनीतिक और व्यंग्य पत्रिका तुगलक के स्वर्ण जयंती कार्यक्रम को दिल्ली से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छता अभियान और प्लास्टिक प्रद्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई है मुख्यमंत्री माफिया मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कलेक्टरों से कहा है कि वे माफिया के विरूद्व सख्त से सख्त कदम उठाएं कल भोपाल में आयोजित एक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पैसा वसूलने वाले और संगठित होकर अपराध करने वाले ही माफिया की श्रेणी में आते हैं मुख्यमंत्री ने पट्टा मिलने के बाद भी कब्जा न मिल पाने के प्रकरणों में नाराजगी व्यक्त करते हुए हिदायत दी कि पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन्हें पड्टा भिला है उनके पास उस भूमि का कब्जा भी हो समिति दौरा स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इंदौर शहर में हो रहे कामों को देखने के लिए शहरी विकास मंत्रालय की संसदीय स्थायी सभिति के सदस्य कल इंदौर पहुंचे इनमें सभिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल सदस्य सुनिल कुमार सोनी रामचंद्र बोहरा कल्याण बनर्जी और अन्य सदस्य शामिल हैं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी इस समिति के सदस्य हैं सभिति के सदस्य आज स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनी दो सड़कों एक बगीचा और हरिराव होल्कर छत्री का अवलोकन करेंगे

वहीं इस मामले में राज्य सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भास्कर चौबे के अनुसार इस मामले में पेपर सेटर और मॉडरेटर से जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी उन्होंने बताया कि इन दोनों को राज्य लोक सेवा आयोग आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित सूची में डाल दिया जाएगा परीक्षा चर्चा देशभर के विद्यार्थी शिक्षक और माता पिता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं यह चर्चा इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली के ताल केटोरा स्टेडियम में आयोजित होगी प्रधानमंत्री इस दौरान प्रश्नों के उत्तर देंगे और विद्यार्थियों से परीक्षा के तनाव से निपटने के बारे में बातचीत करेंगे अनूपपुर की छात्रा आशी जैन का चयन भीइस कार्यक्रम के लिए हुआ है हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा से बातचीत में आशी ने बताया कि वो प्रधानमंत्री से रूबरू होने को लेकर काफी उत्साहित है

बड़वानी जिले के ग्राम अंजदी में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार का शुभारंभ करते हुये श्री बच्चन ने कहा कि ग्रामीणो के साथ साथ नगरीय क्षेत्रो में आज भी हाट बाजार की महत्ता कम नही हुई है मकर संकांति मकर संक्रांति का पर्व आज भी प्रदेश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है होशंगाबाद उज्जैन ओंकारेश्वर सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालू पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं उज्जैन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्वालु बड़ी संख्या में क्षिप्रा नदी में डुबकी लगाने के लिए पहॅंचे हैं यहां त्रिवेणी से रामघाट तक स्नान के लिए इंतजाम किये गये हैं उधर खंडवा में भी हर्षोलास के साथ मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है

यह त्यौहार अच्छी फसल खूशहाली और सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रकृति के प्रति आभार के तौर पर भी मनाया जाता है महाकाल कोटा सिस्टम उज्जैन स्थित ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर आज से दिव्यांगों को अतिविशिष्ट दर्जा दिया जाएगा

जनसंपर्क अधिकारी संतोष उज्जैनिया ने बताया कि जो दिव्यांग ऑनलाइन या मंदिर के काउंटर से ऑफलाइन अनुमति प्राप्त कर रहे हैं यह सुविधा इसके अतिरिक्त दी जा रही है गौरतलब है कि मंदिर में दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर पाथवे रैंप आदि की सुविधा पहले से ही मौजूद है इन्हें मंदिर के वीआईपी गेट से प्रवेश की सुविधा भी प्रदान की जाती है

इस दौरान इंदौर के दशहरा मैदान में आज और कल विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा यहां थल सेना के सैन्य शस्त्रों और उपकरणों टैंक गन्स बीएमपी व्हीकल एम्ब्रेलंस माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट रॉकेट लॉन्चर एटीजीएम लॉन्चर का भी प्रदर्शन किया जाएगा इस प्रदर्शनी का अवलोकन आम नागरिक भी कर सकेंगे इसके अलावा महू के सेना के अस्पताल में आज थल सेना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन होगा इसमें सेना के अधिकारी और सैनिक भाग लेंगे पूरे प्रदेश में थलसेना स्थापना दिवस पर कई कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं खेलो इंडिया गुवाहाटी में चल रहे तीसरे खेलो इंडिया युवा खेलों में आज वॉलीबॉल का फाइनल मुकाबला होगा इसके अलावा साइकिलिंग और निशानेबाजी में भी पदकों का फैसला होगा आज से खो खो के भी मुकाबले शुरू हो रहे हैं